देश के टीका नियामक औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अन्मति दे दी है इन टीकों की स्रक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया है

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशायल के अनुसार शनिवार को कोविड संक्रमण के तीन नए मामले दर्ज किए गए और सोलह रोगी स्वस्थ हुए प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चौसठ रह गई है कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दो और तवांग से एक मामला शामिल है

हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में अभी तक बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है इसके बावजूद राज्य के पश् अस्पतालों के चिकित्सक लोगों से बर्ड फ्लू को लेकर जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हए म्र्गी पालन करने की सलाह दी है राज्य के पश्पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ माली एते ने कहा है कि प्रदेश में नदी तालाब और वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों के आवागमन से बीमारी के फैलने का खतरा बना रहता है उन्होंने म्र्गी पालकों से अचानक बड़ी संख्या में म्र्गियों के बीमार होने और मरने की स्थिति में नजदीकी पश् अस्पताल को सूचित करने की अपील की है डॉ माली ने प्रदेशवासियों से रोस्टिंग करके मीट न खाने की अपील करते हए हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही मीट का सेवन करने का सुझाव दिया है

य्वाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है इस वर्ष ऑनलाइन मोड पर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्येक राज्य के प्रतिभाशाली य्वा इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में केन्द्रीय यवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले य्वा संसद कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा इधर केंद्र सरकार ने खेल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हए असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले खेलों इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का श्भारंभ किया है केंद्रीय य्वा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री किरेन रिजिज् ने बताया कि इस स्कूल के खेल से ज्ड़े प्रतिभाशाली छात्रों के रहने खाने शिक्षा खर्च प्रतियोगिताओं में भागीदारी बीमा एवं चिकित्सा खेल संबंधी प्रशिक्षण एवं सहायता प्रशिक्षकों एवं सहायता कर्मचारियों के वेतन खेल उपकरण एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन खेल उपकरण और अन्य संबद्ध कार्यों के खर्च का वहन सरकार करेगी उन्होंने कहा कि यह स्कूल पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभाओं को पहचान और उनके उत्थान में भी मददगार साबित होगा इस स्क्ल के लिए निर्धारित किए गए विषयों में तीरंदाजी एथलेटिक्स और तलवारबाजी है जिनमें प्रथम वर्ष के लिए कल सौ एथलीटों को शामिल किया जाएगा जिनमें से लड़के और लड़कियों का समान प्रतिनिधित्व होगा

कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर पासीघाट और शिमला से प्रशिक्षण मिलने के साथ ईस्ट सियांग जिले के रायांग की निवासी नेयी सितांग मोदी ने मशरुम की खेती श्रु किया श्रीमती मोदी ने बताया कि घर पर पैदा हो रहे मशरुम को वे गांव के अलावा स्थानीय बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रही है उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार य्वाओं से कौशल विकास और सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर अपना रोजगार श्रु करने की अपील की है